पहली बार किसी राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया है वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में चार क्षेत्रों बुनियादी विकास जन स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास और कृषि पर प्रमुखता से जोर दिया गया है बजट में नबे हजार सात सौ इक्कीस करोड़ रूपये वित्तीय घाटे का अनुमान व्यक्त किया गया है राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के लिए लगभग सत्ताईस हजार पांच सौ अट्ठानबे करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्मर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है निःश्ल्क सिंचाई के लिये सात सौ करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है किसानों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये बजट में चार सौ करोड़ रूपये का प्राव्यान है अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु एक सौ एक करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के तहत वेसहारा महिलाओं को न्यायालय से भरण पोषण भत्ता मिलने तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है अम्यूदय योजना के अन्तर्गत छात्रों को निःशल्क टैबलेट उपलब्ध कराने की भी बजट में घोषणा की गयी है श्री सरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने किसानों की हर प्रकार से सहायता की और गन्ना किसानों को एक लाख तेईस करोड़ रूपये का भुगतान किया इस फसल चक्र में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई धान की खरीद के लिए ग्यारह हजार एक सौ पैंतालीस करोड रूपये से अधिक राशि का ऑनलाइन भगतान किया गया इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत सत्ताईस हजार एक सौ दस करोड रूपये किसानों के खातों में अंतरित किए गए

उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बीच यह बजट प्रदेश में नई आशा नई ऊर्जा और विकास की नवीन संभावनाओं को उड़ान देने का माध्यम बनेगा श्री योगी ने आज बजट के बाद लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के चौबीस करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है उन्होंने कहा कि बजट में हर घर को नल हर घर में बिजली हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने के संकल्प निहित हैं उन्होंने कहा कि यह बजट हर गांव में ग्राम सचिवालय जन सुविघा केन्द्र बीसी सखी के माध्यम से संदृर क्षेत्रों को बैंकिंग सुक्यिा से जोडने में महत्वपूर्ण साबित होगा मुख्यमंत्री ने प्रदेश का पहला कागजरहित बजट पेश कर नया इतिहास रचने के लिए वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बचाई दी उन्होंने कहा कि बजट में महिला सशक्तीकरण के लिए नयी योजना महिला सामर्थ्य योजना श्ररू की जा रही है श्री योगी ने कहा कि क्पोषित बच्चों को स्पोषण देने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम स्पोषण योजना अमल में लायी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान परिवार आयष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा के तहत लामार्थी नहीं थे उनके लिए बजट में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपए के निश्ल्क स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है श्री योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाए र्देने के साथ ही महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या और क्शीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडो के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेव वे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे सहित अन्य सड़क एवं परिवहन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में सुधार के बाद प्रदेश तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मण्डलों में विश्वविद्यालय नही हैं वहां नये विश्वविद्यालय खोले जायेंगे इसी प्रकार प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जायेगी

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में किसी को कुछ नहीं दिया और सभी के हाथ खाली रह गए हैं उन्होंने कहा कि बजट में उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया है कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने ट्वीट कर कहा कि बजट में गांवों गरीबों मजदूरों और किसानों के लिए कुछ नहीं है बहजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बजट को रोजगार के मामले में निराश करने वाला करार दिया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद बजट संतोषजनक नहीं रहा

लोगों का कहना है कि बजट में किये गये प्राक्यानों से राज्य में विकास को और तेज गति मिलेगी अयोध्या के विकास के लिये बजट में की गयी घोषणाओं का अयोध्यावासियों ने स्वागत किया है